पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने ग्रामीणों से सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराने की अपील की है उन्होंने निर्देश दिये कि सर्वेक्षण की तिथियों का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये

इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा चयनित ग्रामों में स्वच्छता अभियान में करवाये गये कार्यों की गुणात्मकता और संख्यात्मकता का परीक्षण किया जायेगा स्वच्छ सर्वेक्षण तीन तरह से किया जायेगा इस सर्वेक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर देश और प्रदेश की रैंकिंग निर्धारित की जायेगी

वहीं ग्वालियर के कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने जिले के ग्रामीणजनों से सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराने की अपील की गई है जिससे ग्वालियर जिला इस सर्वेक्षण में अव्वल दर्जा हासिल कर सके छिंदवाड़ा बैतूल शहडोल धार और सागर में सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू हो गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले कुछ साल में सतना के स्वरूप को बदलकर अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा सतना को आगे बढ़ाने और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी मुख्यमंत्री ने यह बात बीटीआई मैदान सतना में मेडिकल कॉलेज और नल जल योजनाओं के शिलान्यास समारोह में कही

मुख्यमंत्री ने तीन नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने कहा कि सतना के विकास में मेडिकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा

डिजिटल अभियान भारत सरकार के डिजटल इंडिया अभियान के तहत लोगों को उनके दरवाजें पर सभी सुविधायें देने के लिये गांव गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गये हैं

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान में उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों की संचालन विधि की जानकारी जुर प्राप्त करें ताकि मतदान प्रक्रिया सुगम हो

प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी

गौशाला संचालक मंडल द्वारा गायों के खाने के लिये पिछले तीन सालों से अलीराजपुर और नानपुर के लोगों के घरों से बचा हुआ भोजन गो ग्रास के रूप में वाहन से एकत्रित करके गायों को खिलाया जाता है संभावना है कि इसी भोजन के खिलाने से गायों में इंफेक्शन हुआ और गाये मृत अवस्था में पाई गई संचालकों के द्वारा पुलिस थाने में गायों के मृत होने की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई

वहीं रीवा शहडोल होशंगाबाद जबलपुर इंदौर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है मौसम वैज्ञानिको के अनुसार उत्तरी मध्यप्रदेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिस कारण हवा के उपरी हिस्से में चार दशमलव पांच किलोमीटर तक हवा का चक्रवात बना हुआ है

बैतूल में भी पंजीयन कार्य शुरु कर दिया है

ड्रेस का वितरण भी समूहों के माध्यम से किया जायेगा

इसकी आगरा दिल्ली और अन्य जगहों पर मांग के चलते किसानों को इसके भाव भी अच्छे मिल रहे हैं